म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिये यह कार्य योजना तैयार की गई है

आपको बता दें कि देश में इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य होगा जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी इस योजना के लिये मात्र एक रूपये में कनेक्शन उपलब्ध करायेगा

उच्चा शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वआविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वंविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अन्रूप होंगी वहीं विश्वविद्यालय अन्दान आयोग यूजीसी ने परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है विद्यार्थियों की स्रक्षा करियर प्रगति प्लेसमेंट और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशानिर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा यूजीसी ने यह भी तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी जो कि पहले ज्लाई में होनी थी जावडेकर फिक्की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा कि कोविड महामारी ने लोगों को संचार के नये तरीकों के बारे में सोचने को विवश किया है

आज देहरादून में ग्रामीणों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा और स्वरोजगार को केन्द्र में रखकर मॉडल विलेज का निर्माण करें इसमें सहयोग प्रदान किया जायेगा राज्यपाल ने कहा कि एक दो महीने में वे स्वयं एक मॉडल विलेज का भ्रमण करेंगी और वहाँ की महिलाओं से मुलाकात भी करेंगी राज्यपाल ने कहा कि गाँवों की आंगनबाड़ी और आशा बहनों का सहयोग भी लेना चाहिए वैद्य शिखा से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि समाज के पढ़े लिखे सक्षम य्वाओं को गाँवों में आकर अपनी योग्यता का लाभ ग्रामीणों को भी देना चाहिये राज्यपाल ने राजभवन में भी हरेला के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये हैं जिसमें ग्रामीण महिलाओं को औषधीय पौधों का वितरण किया जायेगा

उत्तराखण्ड सर्वाधिक रिकवरी रेट वाला राज्य है यहां मृत्य् दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है

सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को लेकर विस्तृत जानकारी दी कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में सभी सहायक नदियों में आने वाली गाड को जेसीबी के माध्यम से नदी का रुख किसानों की जमीनों के बजाय बीच नदी के केंद्र में करने की अनुमति जारी की गई है इसके अलावा बाढ़ चैकियों के जरिए किसानों की जमीन और आपदा प्रबंधन को देखते हुए अलर्ट पर रखा गया है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है करोना के इस विपत्ति काल में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं ऐसे में उनका कहना है कि लोगों के बीच स्रक्षित यात्रा का संदेश जाना चाहिए ताकि चार धाम यात्रा एक बार फिर से रफ्तार पकड़े

उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा गया है

डी फॉगिंग सिस्टम आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बेहतर ड्राइविंग अनुभव और खासकर कोहरे के दौरान लो विजिबिलिटी सिनेरियो में द्र्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए एक क्शल आर्किटेक्चर और एल्गोरिथम विकसित किया है दरअसल कोहरे की उपस्थिति दृश्यता दूरी को तेजी से कम करती है और इस प्रकार यह ड्राइविंग के लिए सबसे खतरनाक स्थितियां बन जाती है चालक कोहरे की स्थिति में यात्रा करते समय दृश्यता की द्री को पार कर जाते हैं और ज्यादा गति के साथ ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रो ब्रजेश क्मार कौशिक ने बताया कि इस शोध के जरिए रियल टाइम डिफॉगिंग के लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है जो फॉगी फ्रेम से इनप्ट लेकर एक क्लियर इमेज स्ट्रीम उत्पन्न करता है चितई मंदिर ट्रस्ट अल्मोड़ा के प्रसिद्व न्याय के देवता गोलू मंदिर में हाइकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार प्रबंधन समिति यानि ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है जिलाधिकारी नितिन भदौरिया को ट्रस्ट का अध्यक्ष जबकि एसडीएम सीमा विश्वकर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है गोल्ज्यू मंदिर में ट्रस्ट बनाये जाने पर जहाँ कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं वहीं इसको लेकर प्जारियों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है नैनीताल हाइकोर्ट के आदेश के बाद आज प्जारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ट्रस्ट में अपनी सहभागिता को लेकर ज्ञापन सौंपा इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रस्ट को लेकर प्जारियों में आम राय बनाने के लिए और असमंजस की स्थिती को ठीक करने के लिए आगामी दिनों में सभी पुजारियों के साथ एक बैठक कर जनसुनवाई की जाएगी जिसमे सभी पुजारियों का पक्ष सुना जाएगा आय्ष्मती योजना उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में जिला प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य महकमा व जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास विभाग की ओर से गरीब महिलाओं के लिये सराहनीय पहल की गयी है आय्ष्मती योजना नामक इस पहल के तहत दैनिक मजदूरी और घरों में काम करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को सम्चित स्वास्थ्य लाभ व पोषण उपलब्ध कराया जायेगा इस योजना की श्रूआत जिलाधिकारी सविन बसंल की ओर से आज आज हल्द्वानी से की गयी

इन महिलाओं को सम्चित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा उनके पोषण पर ध्यान दिया जायेगा

जिलाधिकारी सबिन बसंल ने इस योजना की श्रूआत करते हृए कहा कि दैनिक मजदूरी करने वाली महिलाओं को ध्यान में रखकर इस योजना को तैयार किया गया है उन्होंने बताया कि जागरूकता के अभाव के चलते इन महिलाओं में पोषण की भी कमी हो जाती है और इससे गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है जिलाधिकारी ने बताया कि इस पहल के तहत ऐसी महिलाओं का सर्वे करके उन्हें आयुष्मती योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा जिसके तहत सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उनका उपचार किया जायेगा और उन्हें आय्ष्मती कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारी की स्थिति में निजी चिकित्सालयों में भी उनका उपचार संभव हो सकेगा निजी चिकित्सालयों में उनका पांच हजार रूपये तक का परीक्षण निश्ल्क होगा